प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज शाम प्रदेश के लोगों से रूबरू होंगे मुख्यमंत्री ने कहा गेहूं उपार्जन में अव्वल आये प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति

इसी तरह अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूर भी मध्यप्रदेश में राशन प्राप्त कर सकेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में इस योजना का श्मारम करते हुए कहा कि ये योजना प्रवासी मजदूरों के लिए अत्यन्त लाभदायक होगी योजना के तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को आन्ध्रप्रदेश बिहार उत्तरप्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान हरियाणा गुजरात पंजाब और केरल आदि राज्यों में बायोमेट्रिक के आधार पर राशन मिल सकेगा मध्यप्रदेश में हितग्राहियों को दो रूपये किलों गेहूं और तीन रूपये किलो चावल दिया जायेगा

प्रदेश भाजपा प्रमुख बीडी शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत नरेंद्र सिंह तोमर प्रहलॉद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल होंगे श्री शर्मा ने बताया कि लगभग एक लाख लोग और एक हजार से अधिक प्रब्द्ध नागरिक इस वर्चअल रैली में शामिल होंगे

उन्होंने कल नईदिल्ली में बैंक प्रमुखों के साथ एक बैठक में शाखा स्तर पर बैंक अधिकारियों को कर्ज लेने वालों तक स्वयं पहुंचने और कर्ज की प्रक्रिया को सरल बनाने की सलाह दी वित्तमंत्री ने कहा कि आपात ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत समी तरह की कंपनियों को कर्ज दिया जाना चाहिए

गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कल भोपाल में आयोजित एक कार्यकम में ये घोषणा की

ये अपने नियमित कार्यो के अलावा आपदा के समय न सिर्फ बचाव का कार्य करते हैं बल्कि लोगों को राहत पहॅचाने के लिए भी ये जवान कडी मेहनत करते हैं डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अब इन जवानों को उनके मानदेय का भूगतान प्रतिमाह नियमित रूप से किया जायेगा

मुख्यमंत्री शिवराज ं सिंह चौहान ने गेहूं उपार्जन में प्रदेश को पहला स्थान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि ये किसानों के लिए गौरव की बात है इससे कोरोना संकट काल में न सिर्फ किसानों को बड़ी मदद मिली है बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी गतिशील हुई है

मंत्रालय ने इस संबंध में समी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है

यह कार्यक्रम आज शाम सात बजे डीडी न्यूज से प्रसारित किया जाएगा यह आयुष मंत्रालय के फेसबुक पेज पर भी लाइव रहेगा

उन्होंने मगरोल के पास जजारूधाम में गौ अभयारण्य के उनसे मिलने आये जन प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि पर्यावरण के प्रति गया यादव का कार्य सराहनीय है उनहोंने पथरीली पहाड़ियों पर वृक्षों को पुर्नजीवित कर े एक अन्रंठा उदाहरण प्रस्तुत किया है श्री पटेल ने कहा कि उनके इस परिश्रम के लिए उन्हें राज्य और राष्ट्रीय सम्मान दिलाने की पहल की जायेगी

खंडवा जिला चिकित्सालय से तीन मरीजों को छट्टी दे दी गई है

कोरोना संकमण को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों को उनके नजदीक के परीक्षा केन्द्र में परीक्षा देने की सुविधा दी जा रही है आधिकारिक जानकारी के अनुसार परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्रों पर असुविधा न हो इसके लिये संबंधित संस्थाओं के शैक्षणिक भवन और छात्रावास को कोरोंटीन सेंटर नहीं बनाने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिये हैं परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रवेशपत्र जारी किया गया है उसे ही आवगमन के लिये मान्य किया जाएगा

यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित होगा

गेहं परिवहन में लापरवाही बरतने पर पन्ना कलेक्टर ने तीन ट्रांसपोर्ट कंपनियों को नोटिस जारी किया है